बजटीय प्रावधानों से किसानों की आय बढ़ेगी

मौसम विभाग ने कहा अगले दो दिनों में ठंड में होगी कमी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

उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक आवंटन किये गये हैं श्री मोदी ने कहा कि बजटीय प्रावधानों से देश के किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि से जुड़ी हुई सभी कठिनाईयों का हल निकलेगा

उन्होंने सदन में हंगामें के बीच सदस्यों को यह आश्वासन दिया श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल धन्यवाद प्रस्ताव के लिए होने वाली चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्य किसानों के आंदोलन के मुद्दे को उठा सकते हैं विपक्षी दलों ने सभापति को कार्य स्थगन के लिए नोटिस देकर किसानों के मुद्दे को हल करने की मांग की थी इसके पूर्व आज सदन की कार्यवाही शुरु होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन कानूनों के निरस्त किये जाने की मांग को लेकर नारेबाजी और शोर शराबा किया लगातार शोर शराबे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिये स्थगित कर दी गई केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के आम बजट में भारतमाला परियोजना के तहत चयनित सड़कों में राज्य की सात सौ किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण भी शामिल है इसके तहत औरंगाबाद से दरभंगा के बीच बनने वाले राज्य के पहले एक्सप्रेसवे और पटना से आरा होते हुए सासाराम तक बनने वाली नई सड़क के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है गौरतलब है कि भारतमाला परियोजना के तहत राज्य में दस पैकेज में छह से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाना है जिनमें से कुछ का काम शुरू हो चुका है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की रूप रेखा तैयार हो गयी है श्री प्रसाद ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि शीघ्र ही इसकी घोषणा की जायेगी उन्होंने इस बात को खारिज किया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच कोई विवाद है

इधर मधेप्रा से राजद विधायक चन्द्रशेखर ने कहा कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री से मिलने आये थे गौरतलब है कि कल भी राजद के एक विधायक ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इस वर्ष आयोजित होने वाली दसवीं और बारहवीं की बार्षिक परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है बोर्ड की सूचना के अनुसार दसवीं की परीक्षा चार मई से सात जून तक और बारहवीं की परीक्षा चार मई से ग्यारह जून तक आयोजित की जायेगी बोर्ड ने परीथार्थियों के लिए कोविड नियमों के अनुपालन के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किये हैं प्रदेशभर में चौदह सौ से अधिक केन्द्रों पर इंटर की परीक्षाएं सूचारू रूप से चल रही है आज परीक्षा का दूसरा दिन था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी परीक्षा केन्द्रों पर कोविड नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड टीका कोरोना संक्रमण के नये स्वरूप से भी निपटने में सक्षम है श्री चौबे ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल को आपातकालीन स्थितियों में उपयोग के लिए देश में कोविड टीकों के उत्पादन की अनुमति दी है उन्होंने कहा कि कोविड टीके की एक करोड़ पैंसठ लाख ख्राक खरीदी गई है जिनमें से एक करोड़ दस लाख सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से और पचपन लाख भारत बायोटेक से खरीदी गई हैं उन्होंने बताया कि इन टीकों की खरीद पर तीन अरब पचास करोड़ रुपये खर्च किये गये श्री चौबे ने यह भी बताया कि कोविड टीकों के सामान्य दुष्प्रभावों में सिरदर्द दाने ठंड लगना थकान बुखार चक्कर आना और सूजन शामिल हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक उनचालीस लाख पचास हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक लाख इक्यानवे हजार स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया गया प्रदेश में अब तक दो लाख इक्कीस हजार पांच सौ तेईस स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है आज सैंतीस हजार एक सौ उनचालीस स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी में टीके के दुष्प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई है इधर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर अंठानवे दशमलव नौ आठ प्रतिशत हो गयी है जबकि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या अब मात्र एक हजार एक सौ चौवन रह गयी है देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव शुन्य पांच प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेरह हजार चार सौ तेईस लोग स्वस्थ हए हैं वहीं इसी दौरान आठ हजार छह सौ पचपन नये कोविड मरीजों की प्रष्टि के साथ इस महामारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या एक करोड़ सात लाख छियासठ हजार दो सौ पैंतालीस हो गई है इस समय देशभर में एक लाख तिरेसठ हजार तीन सौ तिरेपन सक्रिय मामले हैं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है कैबिनेट ने आज की बैठक में कुल बीस एजेंडों पर मुहर लगायी है राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर छपरा और दरभंगा में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही जबकि गया और भागलप्रर में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हआ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान चार दशलमव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इधर दिन में धूप निकलने से पटना और आसपास के इलाकों में लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न भागों में उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हवा के प्रभाव के कारण ठंड में कमी होगी

ये सभी यूपी गुजरात और बिहार के बताये जाते हैं इनके पास से विदेशी करेंसी जाली नोट और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किये गये हैं वरीय पूलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि पकड़े गये संदिग्धों के तार विदेशी करेंसी और अष्टधातु की तस्करी मामले से जुड़े होने का पता चला है उन्होंने संदिग्ध वस्तुओं में विस्फोटक मिलने की बात को सिरे से नकारा है मूंगेर जिले के ऋषिकूंड पहाड़ी इलाके में पूलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है मौके से पांच अर्द्वनिर्मित पिस्तौल पांच बैरल दो मैग्जिन चार अर्द्वनिर्मित मैग्जिन समेत हथियार बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद किये गये हैं बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह सात फरवरी से शुरू हो रहा है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में इस समारोह की तैयारी को लेकर सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया चर्चा के दौरान विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत विभिन्न दलों के नेता मौजूद थे केन्द्र सरकार ने यू ट्यूब पर आए एक वीडियो में किए गए उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि तथाकथित मोदी लोन स्कीम के तहत लोगों के बैंक खातों में पचहत्तर हजार रुपये डाले जाएंगे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि यह दावा फर्जी है तथा सरकार ने इस तरह की योजना की कोई घोषणा नहीं की

राज्य के पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल ने इस मामले में दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार ने जिले में अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए सात थाना अध्यक्ष समेत छब्बीस पूलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है वहीं व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए बेगूसराय भेजे गये तीन डीएसपी को थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गयी है

बजटीय प्रावधानों से किसानों की आय बढ़ेगी